इससे पहले कल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में भाजपा प्रत्याशी विवेक शेजवलकर के समर्थन में एक रोड शो किया इसमें केन्द्रीय मंत्री और मुरैना लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी नरेन्द्र सिंह तोमर भी शामिल हुए वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल उज्जैन जिले के महिदपुर और बड़नगर में चुनावी सभायें की पूर्व मुख्यमंत्री और भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह आगरमालवा के मां बगलामुखी मंदिर पहुंचेंगे यहां वे राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मोना सुस्तानी के समर्थन में सभा लेंगें

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल भोपाल में आयोजित एक प्रेसवार्ता में बताया है कि इस निर्णय का लाभ उन जिलों के किसानों को मिलेगा जहाँ लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है

आईसीएसई भारतीय स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा परिषद ने कल दसवीं और बारहवीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए

ये नतीजे स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक बेवसाइट सीआईएसई डाट ओआरजी पर भी उपलब्ध हैं और ये नतीजे सीआईएससीई की ओर से एसएमएस सेवा के जरिए भी हासिल किए जा सकते हैं चित्र प्रदर्शनी रीजनल आउटरीच ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय भोपाल ने कल मतदाता जागरुकता पर एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया प्रदर्शनी में उन्नीस सौ इक्यावन से लेकर अब तक के चुनाव से जुड़ी दुर्लभ और दिलचस्प चित्रों को प्रदर्शित किया गया है प्रदर्शनी का उद्घाटन मध्यप्रदेश माध्यम के संपादक पुष्पेन्द्र पाल सिंह ने किया

मुंबई इंडियन्स ने कल चेन्नई में खेले गये पहले क्वालीफायर में चेन्नई सुपर किंग्स को छह विकेट से हराकर फायनल में जगह बनाई

चेन्नई सुपर किंग्स के पास अब भी फाइनल में पहुंचने का मौका है दूसरे क्वालिफायर में उसका मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा फाइनल रविवार को खेला जाएगा

प्रशिक्षण में सभी मतदान दलों के पीठासीन अधिकारियों के साथ साथ उनके मतदान अधिकारी उपस्थित रहेंगे

शिवपुरी रेड की टीम बालक और मंदसौर रेड की टीम बालिका वर्ग में उप विजेता रहीं जबलपुर रेड ने बालक और शिवपुरी रेड बालिका वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया खेल संचालक डॉ एसएल थाउसेन ने कल विजेता एवं उप विजेता टीमों और खिलाड़ियों को ट्रॉफी एवं मैडल प्रदान कर सम्मानित किया इस अवसर पर श्री थाउसेन ने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य हॉकी फीडर सेंटर के खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रदर्शन के अवसर देकर प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करना और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करना है

कल प्रदेश का सबसे गर्म जिला खज़ुराहो रहा यहां अधिकतम तापमान चवालीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया रीवा सागर और उज्जैन संभाग में गर्मी का असर सामान्य से अधिक रहा हमारे खण्डवा संवाददाता ने बताया है कि यहां का अधिकतम तापमान तैंतालीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रहा आने वाले कुछ दिनों में भी मौसम में ज्यादा परिवर्तन के आसार नहीं है